सत्र दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपाई की मृत्यू की शोक संदेश संदर्भ के साथ शुरु हुआ शोक संदेश संदर्भ के बाद सत्र को एक दिन के लिए स्थागित कर दिया गया

कार्यक्रम को भारतीय चिकित्सा संगठन के राज्य इकाई ने अरुणाचल प्रदेश नेत्र विशेषज्ञ के साथ मिलकर आयोजित किया था राजधानी ईटानगर स्थित दोरजी खांड्र स्टेट कंन्वेंशन केंद्र में गत तेईस से चौबीस अगस्त तक राज्य और जिले के शिक्षा विभाग के क्षमता विकास के लिए शाला सिद्दी पर दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित किया गया शाला सिद्दी का उद्देश्य एक मानक पर सहमति स्थापित कर हर विद्यालय के लिए रास्ता स्पष्ट करना है जिससे वे अपने कार्य क्षमता क्षेत्र को पहचानकर स्वयं मुल्याकंन कर सके कार्यशाला को संबोधित करते हुए शिक्षा सचिव ने प्रदेश के विद्यालयों में सम्रह रुप से शाला सिद्दी को कार्यान्वित करने को कहा ताकि हर विद्यालय अपने कार्यक्षमता को सही तरीके से मूल्यांकित कर सके भारत के सर्वक्षण जनरल लेफ्टिनेंट जनरल गिरिश कुमार ने अरुणाचल प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों के विकास योजना निगरानी और प्रबंधन जैसी भू स्थानिक क्षेत्र में तकनिकी विशेषज्ञता की हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया ताकि इन संबंद्व क्षेत्रों में सुधार लाया जा सके राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लिकेशन सेंटर के दल ने संबंद्ध विभागीय निदेशक के नेतृत्व में हाल ही में देहरादुन में लेफ्टिनेंट जनरल गिरिश कुमार से भेंट के दौरान उन्होंने यह आश्वासन दिया इस दौरान उन्होंने स्पेशियल डाटा मोडूल स्ट्राक्चर का प्रदेश के ग्रामीण स्तरीय सर्वेक्षण में उपयोग के लिए भू स्थानिक प्रौद्योगिकी को साझा करने में अपनी रुचि दिखाई लेफ्टिनेंट जनरल गिरिश कुमार ने प्रदेश के गांवों में मूलभूत आधार संरचना की कमी को पहचानने में और सूक्ष्म स्तर पर संपूर्ण विकास के लिए इस प्रौद्योगिकी के जरिए राज्य सरकार की मदद करने पर बल दिया

हथियार अधिनियम के तहत दोनो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है भू प्रबंधन मंत्री नाबम रिबिया ने रविवार को सांगद्रपोता अंचल के संप्रर्ण विकास के लिए स्थानीय लोगों से सरकार के साथ सहयोग करने की अपील की बास्सारनालों सांगताम आजिन बहु उद्देश्यीय कॉ ओपारेटिव सोसायटी लिमिटेट के स्थापना दिवस पर वे लोगों को संबोधित कर रहे थे

देश की जैव ईंधन से चलने वाली पहली उड़ान आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड़डे पर उतरी

सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और नाग़र विमानन राज्य मंत्री जयंत सिंहा ने इस उड़ान का स्वागत किया श्री प्रधान ने टवीट संदेश में कहा कि वैकल्पिक ईंधनों को बढ़ावा देने की दिशा में यह बड़ा प्रयास है देश में इस तरह के पहले परीक्षण के लिए जैव ईंधन देहरादून के भारतीय पैट्रोलियम संस्थान ने चिकसित किया है